आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी कोरोना श्रमिक स्पेशल ट्रेन लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों छात्र छात्राओं संकट में पड़े लोगों या चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की वापसी का रास्ता साफ हो गया है छत्तीसगढ़ सरकार ने चार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को निश्चित किया है इनमें पहली ट्रेन पठानकोट पंजाब से चांपा दूसरी और तीसरी ट्रेन साबरमती अहमदाबाद से बिलासपुर तथा चौथी ट्रेन विजयवाड़ा आंध्रप्रदेश से बिलासपुर पहंचेगी इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए लोगों को राज्य सरकार द्वारा जारी ऐप में आवेदन करना होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने इस ऐप का लिंक भी जारी किया है इस ऐप में आवेदन कर लोग इन ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ वापस आ सकेंगे राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन ट्रेनों में अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों छात्र छात्राओं संकट में पड़े लोगों या चिकित्सा वाले व्यक्तियों को ही सफर की अनुमति होगी राज्य सरकार ने कहा है कि जो जहां पर है वहां स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहे जिन्होंने घर वापसी के लिए ऑनलाइन पंजीयन नहीं कराया है वे शीघ्र अपना पंजीयन कराएं जैसे जैसे रेलवे और संबंधित राज्यों से अनुमति मिलती जाएगी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा जहां ज्यादा लोग है वहां कई चरणों में ट्रेनें चलाई जाएंगी आवेदन के लिए ऑनलाइन लिंक के अलावा चौबीस घंटे संचालित हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है कोरोना श्रमिक मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाले विभिन्न राज्यों के श्रमिकों के लिए भोजन पानी सहित उन्हें राज्य की सीमा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ से होकर अन्य राज्यों में जाने वाले श्रमिकों को परेशानी न हो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा इस बीच रायपुर जिला कलेक्टर द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन पानी के साथ आवश्यक व्यवस्था की गई है आज टाटीबंध इलाके में झारखंड के करीब साठ मजदूर पहुंचे उनके लिए जिला प्रशासन द्वारा भोजन आदि की व्यवस्था कराई गई साथ ही इन मजदूरों को झारखंड की सीमा तक पहुंचाने के लिए दो बसों की भी व्यवस्था की गई वहीं छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में जाने वाले श्रमिकों और अन्य लोगों के पंजीयन के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाया है सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों में आवेदन लिए जा रहे हैं साथ ही ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था को एक मई से आम लोगों के लिए भी शुरू किया जाएगा रेल मंत्रालय अपील महाराष्ट्र में कल हुए रेल हादसे में सोलह श्रमिकों की मौत के बाद रेल मंत्रालय ने आम लोगों से निवेदन किया है कि ये किसी भी गतिविधि के लिए रेलवे ट्रैक का उपयोग न करे यह जानलेवा साबित हो सकता है लॉकडाउन के दौरान सिर्फ यात्री गाड़ियों का परिचालन बंद है लेकिन मालगाड़ियां और कोविड उन्नीस पार्सल स्पेशल तथा श्रमिक स्पेशल गाड़ियों का परिचालन नियमित रूप से जारी है इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रेललाइनों पर असुरक्षित चलने रेल पटरियों को पार करने और रेललाइनों के समीप अन्य किसी भी प्रकार की असुरक्षित गतिविधियों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है वर्तमान में रेलवे द्वारा लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्यान्न सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं और कोयले का परिवहन लगातार किया जा रहा है साथ ही देश के अलग अलग स्थानों से श्रमिकों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं रेलवे प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि ये रेल पटरियों पर न तो चलें और न ही रेल पटरियों को पार करने का जोखिम उठाएं इस प्रकार की गतिविधियों के लिए रेलवे अधिनियम के तहत जुर्म भी दर्ज किया जा सकता है मुठभेड़ जवान शहीद राजनांदगांव जिले के मानपुर इलाके में बीती रात माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक पुलिस उप निरीक्षक शहीद हो गए इस मुठभेड़ में चार माओवादी भी मारे गए हैं जिन पर पंद्रह लाख रूपये का इनाम घोषित था घटनास्थल से एक एके सैंतालीस रायफल दो एसएलआर और एक इंसास रायफल बरामद किया गया है पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि मानपुर के जंगलों में बड़ी संख्या में माओवादी मौजूद है इसके बाद पुलिस की एक टीम सर्च ऑपरेशन पर इन जंगलों की ओर रवाना हुई रास्ते में परधोनी गांव के पास घात लगाकर माओवादियों ने इस पुलिस टीम पर हमला किया पुलिस जवानों ने भी जवाबी कार्यवाही की इस मुठभेड़ में मदनवाड़ा पुलिस थाने के प्रभारी श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए वहीं चार माओवादी भी मारे गए हैं

आज सुबह छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने राजनांदगांव पुलिस लाइन में शहीद सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की राजनांदगांव से मिथिलेश देवांगन के साथ रायपुर से विकल्प शुक्ला इस बीच प्राप्त जानकारी के अनुसार शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम खाला अंबिकापुर लाया गया जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया गया राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुठभेड़ में शहीद जवान की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है उधर कोंडागांव जिले में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है इन पर विभिन्न माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ को आगामी तीन माह में तीस हजार करोड़ रूपये का पैकेज शीघ्र स्वीकृत करने का फिर से अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि यह आर्थिक पैकेज स्वीकृत नहीं किया जाता है तो आर्थिक संकट के कारण राज्य के सामान्य कामकाज का संचालन भी संभव नहीं हो सकेगा मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए इस पैकेज में से दस हजार करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता तत्काल दी जानी चाहिए ताकि राज्य स्तर पर ही यह निर्णय लिया जा सके कि उद्योगों व्यवसायियों कामगारों किसानों और अन्य गतिविधियों को कितनी कितनी आर्थिक सहायता दी जाए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अभूतपूर्व संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा एकजुटता के साथ इस गंभीर आपदा से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं राज्य में पूर्ण लॉकडाउन के अड़तालीस दिन पूरे हो चुके हैं अभी भी कोरोना वायरस के नए संक्रमितों की संख्या बढ़ने से यह प्रतीत हो रहा है कि निकट भविष्य में इस महामारी के पूर्ण नियंत्रित होने या समाप्त होने की संभावना बहुत कम है मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक तुलनात्मक रूप से कोरोना वायरस के प्रसार की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है

इसके बाद उन्हें इलाज के लिए राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है बताया गया है कि श्री जोगी आज सुबह अपने बंगले में व्हीलचेयर पर घूम रहे थे इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया राज्यपाल अनुसुईया उइके ने डॉक्टर रेणु जोगी से टेलीफोन पर चर्चा कर श्री जोगी का हालचाल जाना वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अमित जोगी से टेलीफोन पर चर्चा कर श्री जोगी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि श्री जोगी के स्वास्थ्य के संबंध में राज्य सरकार द्वारा हरसंभव पहल की जाएगी कोरोना मरीज स्वस्थ एम्स रायपुर में भर्ती कोरोना संक्रमित पांच मरीजों को स्वस्थ होने के बाद आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं छत्तीसगढ़ में फिलहाल सोलह कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है प्रदेश में अब तक उनसठ कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं इनमें से तिरालीस मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है

दुर्ग जिले में दूसरे राज्य के हॉट स्पॉट जिले से पत्नी और बच्चे को जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर वापस भिलाई लाने के मामले में पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है इसके अलावा महामारी अधिनियम के उल्लंघन के मामले में अमृत मिशन के ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वहीं एनसीसी के कैडेटों ने आज यातायात पुलिस के साथ भिलाई और दुर्ग में यातायात व्यवस्था संभाली और कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक किया इसी तरह राजनांदगांव के कंचनबाग क्षेत्र में कोरोना योद्धा बनकर स्वच्छता दीदी घर घर जाकर लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति जागरूक कर रही हैं लॉकडाउन के दौरान बालोद जिले में करीब पैंसठ शादियों के लिए अनुमति मांगी गई है फिजिकल डिस्टेंसिंग और अधिकतम बीस लोगों की मौजूदगी में शादी करने की शर्तों के साथ अनुमति दी जा रही है उधर बस्तर जिला कलेक्टर ने ये निर्देश दिए हैं कि उन सभी कार्यालय प्रमुखों से जुर्माना वसूला जाएगा जिनके कार्यालय में सैनिटाईजर या हाथ धुलाई की व्यवस्था नहीं होगी

वहीं जिला कलेक्टर के निर्देश पर नायब तहसीलदार ने बम्हनीडीह विकासखंड के ग्राम सरवानी में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में ड्यूटी से अनुपस्थित प्रभारी प्राचार्य सहित छह कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है इधर कबीरधाम जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों जिला चिकित्सालय में मरीजों और प्रवासी मजदूरों को स्वल्पाहार वितरित किया कोरोना स्वास्थ्य मंत्रालय निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं एक रिपोर्ट नए दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत हल्के हल्के और मामूली लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छट्टी दे दी जाएगी कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए गए बहत हल्के हल्के और पूर्व लक्षण वाले लोगों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी

डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी ऐसे रोगियों को अगले सात दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी

संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी

गंभीर रोगियों को उनके पूरी तरह स्वस्थ होने और आरटी पीसीआर परीक्षण के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी वनोपज खरीदी राज्य सरकार ने वनवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य पर अब पच्चीस लघु वनोपजों की खरीदी करने का निर्णय लिया है वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य में पहले मात्र सात लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था होती थी अब वनोपजों की संख्या बढ़ाकर पच्चीस कर दी गई है इन लघु वनोपजों में अब गिलोय और भेलवा को भी शामिल किया गया है वनोपज संग्राहकों को समर्थन मूल्य के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने आकाशीय बिजली गिरने तथा ओलावृष्टि की चेतावनी दी है मौसम विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश से दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक तक एक द्रोणिका बनी हुई है इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है बीते चौबीस घंटों के दौरान कोरिया जिले के बैकुंठपुर सहित आसपास के गांवों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की खबर है वहीं बस्तर जिले में भी अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई जांजगीर चांपा जिले के बलौदा क्षेत्र के बुचीहरदी गांव में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से तेरह वर्षीय एक बालक की मौत हो गई वहीं दो अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं

जांजगीर चांपा जिले में मनरेगा के तहत फिजिटल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रोजगार दिवस का आयोजन किया गया इस दौरान लोगों को आजीविका संवर्धन कार्यों की जानकारी दी गई

जबकि उनके दो बच्चे घायल हो गए हैं

वहीं इस घटना में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं

इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है